और श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का पंजीकरण पहली अप्रैल से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

सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और पैंतालीस वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं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 मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाये रखें हाथ और मुंह साफ रखें अब समाचार विस्तार से आकाशवाणी के प्रादेशिक समाचार इकाई की ओर से आप सभी को होली की शुभकामनाएं रंगों का त्योहार होली आज पूरे देश में पारंपरिक उल्लास और उमंग के साथ मनाया जा रहा है यह त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है होली का त्योहार समानता और भाई चारे का संदेश देता है पूरा प्रदेश भी होली के राग और फाग के खुमार में डूब गया है सुबह से ही लोग एक दूसरे को रंग गुलाल और अबीर लगाकर होली का उत्सव मना रहे हैं जिला मुख्यालयों से लेकर गांवों के चौपाल तक होली के रंगों की छटा बिखर रही है होली के मौके पर विशेष रूप से गाया जाने वाला फाग गीत वातावरण में विशेष उत्साह भर रहा है जिला मुख्यालयों से हमारे संवाददाताओं ने खबर दी है कि पूरा माहौल होलीमय हो गया है सूबह में लोग रंग और मिट्टी से होली खेलकर दोपहर बाद से अबीर गुलाल के साथ होली खेल रहे हैं और एक दूसरे को होली की बधाई दे रहे हैं बक्सर कटिहार खगड़िया शेखप्रा मुजफ्फरपुर अरवल रोहतास सीतामढ़ी बेगूसराय और दरभंगा समेत अन्य जिलों में भी होली पर काफी उत्साह नजर आ रहा है कोरोना महामारी की रोकथाम के लिये जारी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए प्रदेशवासी घर पर ही होली मना रहे हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उप राष्ट्रपति एम वेंकैया नायड् और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लोगों को होली की बधाई दी है राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि होली सामाजिक सद्भाव का त्योहार है जो लोगों के जीवन में उल्लास प्रसन्नता और आशा का संचार करता है उन्होंने कहा कि होली का त्योहार एकता और भाईचारे का संदेश देता है साथ ही नए भारत के निर्माण में लोगों को साथ आने के लिए प्रेरित करता है उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने अपने संदेश में कहा कि होली का पर्व परिवार के सदस्यों और दोस्तों से मिलने के अवसर के साथ एकता भाईचारा और प्रेम की भावना को बढ़ावा देता है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने होली के अवसर पर देशवासियों को अपनी शुभकामनाएं दी है उन्होंने आशा व्यक्त करते हुए कहा कि आनंद उमंग हर्ष और उल्लास का यह त्योहार हर किसी के जीवन में नए जोश और नई ऊर्जा का संचार करेगा इधर राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रदेशवासियों को होली की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं राज्यपाल ने अपने शुभकामना संदेश में कहा है कि होली प्रेम उल्लास बन्धुत्व और सामाजिक समरसता का एक ऐसा अनूठा पर्व है जिसमें सभी लोग जीवन की मस्ती के रंगों में रंग जाते हैं इस त्योहार से हमारी सामाजिक सद्भावना और राष्ट्रीय एकता भी मजबूत होती है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने संदेश में कहा कि असत्य अहंकार और पाखंड पर सत्य के विजय पर्व के रूप में हम हजारों वर्षो से होली का त्योहार मनाते आये हैं उन्होंने प्रदेशवासियों से होली का त्योहार सदभाव और भाईचारा के साथ मनाने की अपील की है उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी समेत राज्य मंत्रिमंडल के अन्य सदस्यों ने भी प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी हैं होली को लेकर प्रदेश में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किये गये है सभी संवेदनशील जगहों पर पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गयी है असामाजिक तत्वों पर विशेष नजर रखी जा रही है शराबबंदी कानून का उल्लंघन करने वालों को लेकर भी पुलिस सतर्क है पुलिस महानिदेशक ने सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को सुरक्षा को लेकर विशेष निर्देश दिये हैं पटना एयरपोर्ट समेत रेलवे स्टेशनों और बस स्टैंडों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है इन जगहों पर गश्ती बढ़ा दी गयी है गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद ने कहा कि होली के दौरान कम से कम लोगों को इकट्ठा होने की अनुमति दी गयी है मुख्य सचिव अरूण कुमार सिंह ने कोविड प्रोटोकॉल को पूरी सख्ती के साथ लागू करने का निर्देश अधिकारियों को दिया गया है इधर राजधानी पटना के सभी प्रमुख चौक चौराहों पर पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारियों की तैनाती की गयी है होली पर किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए अस्पतालों और फायर ब्रिगेड को अलर्ट पर रखा गया है देश में अभी तक छह करोड़ पांच लाख से अधिक लोगों को कोविड के टीके लगाए जा चूके हैं इधर प्रदेश में अब तक छब्बीस लाख तेईस हजार सात सौ इकतालीस लोगों को कोविड से बचाव के टीके दिये जा चुके हैं इसमें इक्कीस लाख छियानवे हजार सात सौ पचासी लोगों को टीके की पहली डोज जबकि चार लाख छब्बीस हजार नौ सौ छप्पन लोगों को दूसरी डोज दी गयी है इस बीच केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पिछले चौबीस घंटों में कोविड उन्नीस के अडसठ हजार से अधिक लोगों में संक्रमण का पता चला है इस दौरान महामारी से दो सौ इकयानवे मरीजों की मौत हुई है पिछले चौबीस घंटों में बत्तीस हजार दो सौ इकतीस रोगियों को संक्रमण से मुक्त होने के बाद विभिन्न अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई देश में स्वस्थ होने की दर चौरानवे दशमलव तीन दो प्रतिशत है फिलहाल पांच लाख इक्कीस हजार से अधिक कोविड रोगियों का उपचार चल रहा है इधर प्रदेश सरकार ने कोविड के बढ़ते मामलों के मद्देनजर कई स्थानों पर अतिरिक्त सुरक्षा बलों को तैनात किया है राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि प्रदेश में अभी तक कोरोना के नए स्ट्रेन का कोई भी मामला सामने नहीं आया है इस बीच राज्य में कल कोरोना के तीन सौ इक्यावन नए मामलों की पुष्टि हुई है इसके साथ ही प्रदेश में सक्रिय मामलों की संख्या एक हजार तीन सौ छियालीस हो गई है केन्द्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कोविड के बढ़ते मामलों वाले बिहार समेत बारह राज्यों को सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों और कटेंनमेंट नीति का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने को कहा है उन्होंने कहा कि कोविड की दूसरी लहर के दौरान लोगों में कोविड आचरण कंटेनमेंट और प्रबंधन कार्यनीति के बारे में काफी ढिलाई देखी जा रही है इससे समस्या गंभीर होती जा रही है श्री भूषण ने राज्यों को सुझाव दिया कि अधिक जुर्माना लगाने जैसे उपायों से कोविड प्रतिबंधों को लागू किया जाए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सभी से कोविड टीका लगवाने की अपील की है आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि सभी के लिए यह गर्व की बात है कि भारत में विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चल रहा है उन्होंने कहा कि सौ वर्ष से अधिक उम्र के बहुत से लोगों ने टीके लगवाये हैं और घर के बुजुर्गों में टीके के प्रति उत्साह स्पष्ट रूप से नजर आता है श्री मोदी ने कहा कि सभी को कोरोना से लड़ने का मंत्र याद रखना चाहिए कि दवाई भी कड़ाई भी

हैदराबाद में सौ साल के जय चौधरी जी ने वैक्सीन लगवाई और सभी से अपील भी है कि वैक्सीन जरूर लगवाएँ मैं आप सभी श्रोताओं के इन विचारों की सराहना करता हूँ इन सबके बीच कोरोना से लड़ाई का मंत्र भी जरूर याद रखिए दवाई भी कड़ाई भी और सिर्फ मुझे बोलना है ऐसा नहीं हमें जीना भी है बोलना भी है बताना भी है और लोगों को भी दवाई भी कड़ाई भी इसके लिए प्रतिबद्ध बनाते रहना है प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव का अर्थ है कि हम नये संकल्प करें और उन संकल्पों को पूरा करें तथा अपनी स्वतंत्रता को पूरी ईमानदारी के साथ संजोकर रखें साउं बाईट गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणरू उसी भाव के साथ हम सब अपने नियत कर्तव्यों का पूरी निष्ठा से पालन करे और आजादी का अमृत महोत्सव का मतलब यही है कि हम नए संकल्प करें उन संकल्पों को सिद्ध करने के लिए जी जान से जुट जाएँ और संकल्प वो हो जो समाज की भलाई के हो देश की भलाई के हो भारत के उज्ज्वल भविष्य के लिए हो और संकल्प वो हो जैसमें मेरा अपना स्वयं का कूछ न कुछ जिम्मा हो मेरा अपना कर्तव्य जुड़ा हुआ हो मुझे विश्वास है गीता को जीने का ये स्वर्ण अवसर हम लोगों के पास है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परीक्षा योद्धा पुस्तक का नया संस्करण अब छात्रों और अभिभावकों के लिए नई जानकारियों के साथ उपलब्ध है यह हर जगह सुलभ रहने के साथ ऑनलाइन और परीक्षा वारियर्स मॉड्यूल नमो ऐप पर भी उपलब्ध है श्री मोदी ने टवीट में कहा कि प्रस्तक के नए संस्करण को छात्रों अभिभावकों और शिक्षकों की मूल्यवान जानकारी के साथ समुद्ध किया गया है उन्होंने कहा कि यह प्रस्तक परीक्षा से पहले तनाव मुक्त रहने के लिए प्रेरित करेगी और इससे छात्रों तथा अभिभावकों को बीच संवाद बढ़ेगा दिल्ली के मैक्स अस्पताल के डॉक्टर बलवीर सिंह ने कहा है कि अभी देश में दो प्रकार के टीके कोविशील्ड और को वैक्सीन लोगों को दिये जा रहे हैं उन्होंने लोगों से दोनों डोज में एक ही कंपनी का टीका लगवाने को कहा है

राज्य के अधिकांश भागों में अधिकतम तापमान पैंतीस से अड़तीस डिग्री सेल्सियस के बीच रिकार्ड किया गया है पटना मौसम विज्ञान केन्द्र के वैज्ञानिक मोहम्मद जीशान अंसारी ने बताया कि कल और परसों राज्य के अधिकतर क्षेत्रों में धूलभरी आंधी चलने की सम्भावना है

साढ़े तीन सौ पदों के लिये होने वाली परीक्षा में लगभग सत्ताईस हजार अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति डीएलएड विशेष परीक्षा दो हजार बीस का आयोजन छब्बीस से तीस अप्रैल के बीच करेगी पहले यह परीक्षा छह अप्रैल को होने वाली थी बालताल और चंदनबाड़ी के रास्ते श्री अमरनाथ जी की वार्षिक यात्रा के लिए पंजीकरण देश की निर्धारित बैंक शाखाओं में पहली अप्रैल से शुरू होगा पंजीकरण के दिशा निर्देश श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं छप्पन दिनों तक चलने वाली यह यात्रा दोनों मार्गों से एक साथ अट्ठाईस जून को शुरू होगी और रक्षा बंधन के दिन बाईस अगस्त को संपन्न हो जाएगी तेरह वर्ष से कम आयु के बच्चों और पचहत्तर वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के साथ छह हफ्ते से अधिक की गर्भवती महिलाओं का इस वर्ष की यात्रा के लिए पंजीकरण नहीं होगा गया जिले के बोधगया थाना क्षेत्र के दलित टोला में आग से झुलसकर तीन बच्चों की मौत हो गयी मृतकों की उम्र दस से पंद्रह वर्ष के बीच है वहीं शेखपुरा जिले के अरियरी प्रखंड के जखौर गांव में रसोई गैस सिलेंडर लीक करने से एक घर में आग लग गयी इस घटना में पचास हजार रूपये नकद समेत लगभग दो लाख की संपत्ति जलकर राख हो गयी कटिहार जिले के मनिहारी थाना क्षेत्र में दो मोटरसाईकिल के बीच हुई टक्कर में एक व्यक्ति की मौत हो गयी जबकि एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया उसे इलाज के लिये अस्पताल में भर्ती कराया गया है लखीसराय जिले के विरूपुर थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में एक किशोर की मौत हो गयी जबकि बारह अन्य लोग घायल हो गये सभी घायलों को इलाज के लिये बड़हिया रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया है